देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या एक करोड़ से अधिक हुई

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा प्रर्वाभ्यास में योजना और कार्यान्वयन के बीच तालमेल की जांच होगी तथा उत्पन्न होने वाली बाधाओं के बारे में भी पता चल सकेगा इसके साथ ही कोविड टीकाकरण को लेकर बनाये गये को विन ऐप के सुगमता से संचालन और डेटा एंट्री की भी जांच होगी राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि हर जिले में तीन केन्द्रों पर पूर्वाभ्यास का आयोजन होगा इस कार्यक्रम में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर कर्मचारियों के अलावा लाभार्थियों के रूप में कुछ चुनिंदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समूह शामिल होंगे पूर्वाभ्यास में प्रत्येक केंद्र पर पच्चीस लाभार्थियों की जांच होगी गौरतलब है कि दो जनवरी को पटना के साथ साथ बेतिया और जमुई में भी टीके का ड्राई रन हुआ था केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में विकसित कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने के चरण में पहुंच चुकी है उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसे आपात इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है साउंड बाइट दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज की समाज की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश ने पिछले एक साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है जिसके कारण देश भर में इसके मामलों में लगातार कमी हो रही है

जो केसिस पिछले कुछ समय पहले संख्या एक लाख तक लगभग पहुंच गई थी

कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश भर में कोविड उन्नीस के टीकाकरण की दिशा में की जाने वाली तैयारियों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि कोविड के टीके के निर्माण में वैज्ञानिकों की सफल मेहनत के कारण देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है प्रधानमंत्री ने एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित दो कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है

आज हर भारतीय का आह्वान है न हम रूकेंगे न हम थकेंगे हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढेंगे बिहार सरकार ने कोविड टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली डेढ़ करोड से भी ज्यादा सीरिंज राज्य के विभिन्न जिलों में भेज दी गई हैं टीके के वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केन्द्र से मिलने वाले टीकों को पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच में रखा जाएगा साउंड बाईट यह वैक्सीन को रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा टीकाकरण होगा तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरिंज तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर

एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि पंद्रह लाख टीकों को वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा

तो यहां पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की मार्किंग व्यवस्था है और जब भी आयेगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पायेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड उन्नीस के टीके और टीकाकरण के बाद पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लोगों को विश्वसनीय जानकारियां देने की आवश्यकता है इससे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रामक जानकारियों से लोगों को बचाया जा सकता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव मनोहर अगनानी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आकाशवाणी दूरदर्शन पीआईबी और लोक संपर्क ब्यूरो के अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा कि लोगों के बीच सही जानकारी से ही टीकाकरण को लेकर भरोसा स्थापित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि इसमें आकाशवाणी और द्रदर्शन की भूमिका महत्वपूर्ण है श्री अगनानी ने बताया कि टीकाकरण के बाद पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखने के लिये व्यापक व्यवस्था की जा रही है उन्होंने कहा कि राज्यों में भी निचले स्तर तक ऐसे निगरानी तंत्र स्थापित किये जायेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ सतहत्तर नये मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ सैंतालीस मामले पटना जिले में सामने आये हैं वहीं बेगूसराय से इकतीस जबकि मुजफ्फरपुर में छब्बीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अभी चार हजार एक सौ छह मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख उनचास हजार नौ सौ तैंतालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक करोड से अधिक हो गई है अब तक एक करोड़ सोलह हजार लोग ठीक हो चुके हैं प्रति दिन संक्रमण ग्रस्त होने वालों की संख्या भी लगातार कम होकर पच्चीस हजार से नीचे बनी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान केवल बीस हजार तीन सौ छियालीस मामले सामने आए हैं इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग दो लाख अठाईस हजार है इनमें से लगभग साठ प्रतिशत रोगी घर पर आइसोलेशन में हैं संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार बढते हुए छियानवे दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्नीस हजार पांच सौ सतासी लोग ठीक हुए हैं राष्ट्रव्यापी बुनियादी सुविधाओं राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में नियमों का सख्ती से पालन और डॉक्टरों अर्धचिकित्सा बलों तथा कोरोना योद्धाओं के समर्पित प्रयासों से संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ जदयू के प्रदेश मुख्यालय में मुलाकात की श्री यादव के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उपस्थित थे अरूणाचल प्रदेश में जदयू की ट्र्ट प्रकरण के बाद दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं बैठक के बाद भूपेन्द्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चल रही है उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार और विधान परिषद् की सीटों के बंटवारे के बारे में कहा कि इस पर फैसला समय पर हो जायेगा इसमें कोई समस्या नहीं है वहीं आरसीपी सिंह ने कहा कि दोनों नेता उन्हें अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देने आये थे इधर भूपेन्द्र यादव और संजय जायसवाल ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके आधिकरिक आवास पर मुलाकात की इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी उपस्थित थीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया है प्रेम कुमार मणि और भूदेव चौधरी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है दरभंगा शहर में पिछले साल नौ दिसम्बर को एक ज्वेलर्स से पांच करोड़ रूपये मूल्य का सोना लूटकांड में पुलिस ने डेढ़ किलो सोना बरामद कर लिया है दरभंगा पुलिस और एसटीएफ ने समस्तीपुर जिले में कई स्थानों पर छापेमारी कर सात लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे लूटा गया डेढ़ किलो सोना जब्त किया है समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने बताया कि इकतीस दिसम्बर को इस लूटकांड के मुख्य आरोपी विकास झा को गिरफ्तार किया था उससे प्रछताछ के आधार पर कई गिरफ्तारियां की गयी हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है इसके कारण कल से रात के समय ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक दिन का तापमान सामान्य बना रहेगा और लोगों को ठंड से राहत रहेगी

श्री कुमार ने पूर्णिया जिले के धमदाहा में विभिन्न जीविका संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महिला समूहों ने कई क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभायी है केन्द्रीय पश् और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरिराज सिंह ने देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है उन्होंने लोगों से पूरी तरह पका हुआ मुर्गियों का मांस खाने की अपील की है इधर बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए बिहार में पश्पालन निदेशालय ने विशेष कोषांग का गठन किया है मुर्गी सहित अन्य पक्षियों की मौत या बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने पर लोगों को इसकी सूचना कोषांग के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो दो तीन शून्य नौ चार दो पर देने की अपील की गई है पटना के जाने माने शिश्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उत्पलकांत सिंह का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई चिकित्सकों ने डॉक्टर सिंह के निधन पर गहरा दुःख जताया है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग ने पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल को ढाई करोड़ से अधिक पौधारोपण करने के लिये सम्मानित किया रेल मंडल के वरिष्ठ रेल प्रबंधक को इस उपलब्धि के लिये प्रशस्ति पत्र दिया गया मुजफ्फरपुर जिले में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिले से छह बाल वैज्ञानिक चुने गये हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर कुल पचास बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है शेखपुरा के वयोवृद्ध अधिवक्ता नवल प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया उनके निधन पर जिला जज जनार्दन त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देश भर में कोविड टीकाकरण का पूर्वाभ्यास कल होगा

देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या एक करोड़ से अधिक हुई